यह फैसला आज मुख्यमंत्री पेमा खांड् की अध्यक्षता में हई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया

बैठक में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे निपटने के लिए ब्नियादी ढांचे को मजबूत करने के वास्ते किए गए प्रयासों के बारे में राज्य की तैयारियों की भी समीक्षा की गई मंत्रिमंडल की बैठक में रेपिड टेस्टिंग किट्स पीपीई मास्क और अन्य उपकरणों की उपलब्धता और आगे की जरूरतों पर भी चर्चा की गई मंत्रिमंडल में संक्रमण को रोकने के लिए सभी उपायों के साथ साथ देश के द्रसरे हिस्सों में राज्य के छात्रों और कामगारों को ध्यान में रखते हए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के स्झावों पर भी विचार विमर्श किया

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर आशा कर्मियों के माध्यम से ग्रामीण और नगरीय इलाकों में जागरुकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है डॉक्टर रुमी तासंग ने कहा कि जिन लोगों को मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वे स्वच्छ रुमाल का उपयोग मुह और नाक को ढ़कने के लिए कर सकते है उन्होंने कहा कि रुमाल का उपयोग कर धोना चाहिए और इसके बाद ही हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि एकत्र किए गए नमूनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि संक्रमण की दर अधिक नहीं है

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और लोक सद्गाव बनाये रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर पैनी नज़र बनाये रखें ताकि कोई आपत्तिजनक और फर्जी खबर न फैलाई जा सके गृह मंत्रालय ने राज्यों से अन्रोध किया है कि वे लॉकडाउन के अन्पालन की ओर लोगों के ध्यानाकर्षण के लिए प्रशासन सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रब्द्ध नागरिकों का सहयोग लें राज्यों से कहा गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालो पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए

यह दिन कैवेलरी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाये जाने की याद में मनाया जाता है